प्रदेश के इंदौर में इस परियोजना पर काम चल रहा है इन्दौर में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाईट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई तकनीकी से निर्मित होने वाले एक हजार चौबीस प्रधानमंत्री आवास इकाइयों का प्रधानमंत्री द्वारा वर्च्यअल शिलान्यास किया जावेगा

इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिये पुरस्कार देंगे

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जायेगा मुख्यमंत्री श्री चौहान यह पुरस्कार इंदौर से प्राप्त करेंगे

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित की है

कुछ देर में सीबीएसई अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये जानकारी अपलोड कर देगा सीबीएसई जल्द ही दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा की विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा

केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर इस टीकाकरण अभ्यास को किया जाएगा कृछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा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

उन्होंने आज राजभवन से ऑनलाईन महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविदयालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को ऑनलाइन संबोधित करते हुए विदयार्थियों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने जनकल्याण कर समाज एवं राष्ट्र की चहँमुखी प्रगति में योगदान देने का आग्रह किया श्रीमती पटेल ने विद्यार्थियों का आव्हन किया कि जीवन में लक्ष्य बना कर आगे बढ़ने का प्रयास करें लक्ष्य सामर्थ्य के साथ जुड़ा होना चाहिए जो पहँच में हो पर पकड़ में नहीं हो

यात्रियों को फास्टैग लगाने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रूकना नहीं पड़ेगा इससे समय और ईधन की बचत होगी

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और तीस हजार से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध हैं फास्टैग को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है

न्यायाधीश अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी के लिए रिश्वत देने वाले पाँच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है एकलपीठ ने यह निर्णय रिश्वत लेने के आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए दिया है याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए रिश्वत ली है

मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने प्रदेशवासियों का आव्हान किया है कि नये वर्ष में एक बने नेक बने का संकल्प लें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले वर्षो में विकास के क्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश आगे रहेगा इसके लिए प्रदेश के हर नागरिक को अपनी भागीदारी भी करना हैं प्रदेश वासी कोरोना को देखते हुए नव वर्ष का स्वागत अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं प्रदेश के पचमढ़ी बांधवगढ़ सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर खासकर सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है जहां प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है

इस बार विदेशी पर्यटक तो अभी तक नहीं पहंचे हैं लेकिन देशी पर्यटकों से बांधवगढ़ गुलजार हो गया है बांधवगढ़ में पर्यटकों की चहल पहल लगभग दस महीने बाद देखने को मिल रही है

उत्तर से आ रही बर्फीली हवा के कारण राज्य कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है

मप्र में सबसे कम तापमान दतिया में दर्ज किया गया है जहां पारा तीन डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है ग्वालियर दतिया और गुना सहित कई भागों में कोहरा छाया रहा

बड़वानी मुरैना जबलपुर शिवपुरी और होशंगाबाद सहित कई जिलों में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है पचमड़ी में तापमान चार दशमलव आठ डिग्री दर्ज हआ

जिसमें से चार सौ से अधिक युवाओं का चयन हुआ

आज सुबह घटयात्रा निकाल कर ध्वजारोहण किया गया